उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को और आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नई नीतियां तैयार कर रही हैं समारोह में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि राज्य में अनुकूल वातावरण उतरदायी प्रशासन और निवेशक मित्र औद्योगिक नीति होना गर्व की बात है

उन्होंने कहा कि जीएसटी दर घटने से निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा नई दरें इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होंगी बिंदल नाहन क्षेत्र की सैनवाला मुबारकपुर पंचायत में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज तीन सड़कों के लोकार्पण व शिलान्यास किए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायत के हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी इससे पहले धौलाकुआं में पंचायत भवन के शिलान्यास अवसर पर राजीव बिंदल ने कहा कि इलाके में कम वोल्टेज की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सवा करोड़ रूपये की लागत से एक विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किया जाएगा बरागटा प्रदेश जनमंच संयोजक व मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने शिमला जिले के कोटखाई में आज गृहणी सुविधा योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए

सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हिमऊर्जा ने आज सोलन में सौर ऊर्जा मेले का आयोजन किया उपायुक्त विनोद कुमार की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के लाभ के संबंध में जानकारी दी गई इस दौरान लोगों ने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पंजीकरण भी करवाया

कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि आशीष शर्मा के अनुसार दुर्गम और सड़क सुविधा से वंचित होने के कारण घटनास्थल तक पहुंचने में दमकल कर्मियों को काफी परेशानी हुई हैं हालांकि घटना के बाद इलाके में वर्षा भी शुरू हुई है जिससे स्थानीय लोगों को आग बुझाने में कुछ मदद मिली है और ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है

इसमें मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय कृषि व कृषक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा राज मौजूद रहेंगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इस संबंध में भाजपा की एक बैठक आज शिमला में हुई जिसमें पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई शिक्षा बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अगले माह होने वाली दसवीं और जमा दो परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन अपलोड़ कर दिए हैं बोर्ड के एक प्रवक्ता के अनुसार विद्यार्थी इसे बोर्ड की वैबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं